सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति को देखते हुए पानी विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है केन्द्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल और हर खेत में पानी पहुंचाने क लिये कई योजनाएं शुरू की है उन्होंने कहा कि गिरते हुए भूजल स्तर को देखते हुए बुन्देलखंड में वर्षा जल का संचयन किया जाना अति आवश्यक है राज्यपाल ने जल संसाधन मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में लोगों से बढ़ चढ़ कर सहभागिता करने का आहवान किया राज्यपाल आज वर्च्रअल माध्यम से बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और सिंचाई के लिये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान श्रू किये गये है उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में जैसे नारे जल संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भातरीय महिलाओं की कृषि कार्यो में महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इस कार्य में पूरा सहयोग करती है राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित और स्वावलम्बी होंगी गांव का विकास उतना ही तेज गति से होगा उन्होंने विद्यार्थियों से हर कदम पर चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मविश्वासी नागरिक बनकर अनुशासन और परिश्रम से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा प्रदेश सरकार राज्य में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मददेनजर सभी आवश्यक कदम उठा रही है जिसके अन्तर्गत कई जनपदों में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है

प्रयागराज में कर्फ्यू रात दस बजे से शुरू होकर सुबह आठ बजे तक जारी रहेगा बरेली और मेरठ सहित कई अन्य जनपदों में भी रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू की गई है

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इससे छूट दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दसरा टीका लगवाया

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए देश में अब तक नौ करोड से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं

शुरू में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाये गये

गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के अन्तर्गत हुए मतदान में वोटों की गिनती दो मई को की जायेगी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

कोविड संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय किया गया हैं इन समितियों के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है

पत्रकारों मीडिया कर्मिया और खुदरा तथा थोक दुकानदारों को आज और कल टीके लगाए जाएंगे

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है और पिछले एक दिन में दो लाख चार हजार आठ सौ अट्ठहत्तर नमूनों की जांच की गई

डिस्पैच जनपद बलरामपुर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की तैयारी पूर्ण है केंद्र पर कर्मचारी तैनात हैं फसल की कटाई मुलाई होने से किसानों की आवक नहीं हो रही है

किसान गेहूं खरीद के संबंध में इस मोबाइल नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं राम कुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर बिजनौर जनपद में ग्राम बक्शीवाला में एक पटाख फैक्ट्री में विस्फोट से पांच लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये

उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारी और पलिस अधीक्षक को घटना के कारणों की जांच कर संयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के छह वर्ष पूरे हो गये हैं इस योजना के अन्तर्गत कॉरपोरेट और कृषि को छोडकर अन्य वर्गों तथा लघु और सुक्ष्म उद्यमों को दस लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है